प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाईट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में प्रतिबंधित गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर खोलने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं कंटेनमेंट क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन तीस जून तक बढ़ा दिया गया है लेकिन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन क्षेत्रों से बाहर चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की अनुमति होगी नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत पहले चरण के दौरान अगले महीने की आठ तारीख से पूजा स्थलों होटलों रेस्त्राओं और अन्य आवभगत सेवाओं तथा शॉपिंग मॉल्स में लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सम्बद्ध केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से इन गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं एसओपी जारी करेगा इनका उद्देश्य सुरक्षित दूरी बनाए रखना और कोविड उन्नीस के फैलाव को रोकना है दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह मश्वरा करने के बाद स्कूल कॉलेज शैक्षिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर विचार किया जाएगा केद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड नाईटीन के प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किये हैं ये दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके तहत मास्क लगाना या चेहरा ढकना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थानों पर थ्रकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा

सार्वजनिक स्थलों पर शराब पान गुटखा और तंबाकू के सेवन पर भी पाबंदी होगी जितना संभव हो घर से कार्य करने और कार्यालय और वेबसाइट प्रतिष्ठानों में काम की अवधि को बांटने के लिए कहा गया है इसके अलावा सभी प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी दफ्तरों में कर्मियों और कार्य अवधि के बीच पर्याप्त अंतर रखने का भी निर्देश दिया गया है लोगों से सार्वजनिक जगहों पर दो गज की दूरी का ख्याल रखने को भी कहा गया है दिवाकर आकाशवाणी समाचार दिल्ली नये दिशा निर्देशों के अनुसार देशभर में केवल कुछ ही गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा साउंड बाईट केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नागरिकों द्वारा अंतर राज्यीय और राज्य के अंदर सामान्य नागरिक परिचालन के लिए कल से कोई अलग अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी आठ जून से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के द्वार श्रद्वालुओं के लिए खोलने की घोषणा भी कर दी गई है

स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान सहित शैक्षणिक संस्थान तीस जून तक बंद रहेंगे और उनके पुनरू खुलने पर निर्णय समी हितधारकों के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा मेट्रो रेल सिनेमा हॉल जिनमेजियम स्वीमिग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर बार ऑडिटोरियम और धार्मिक सहित अन्य सभी बड़ी सभाएं देशभर में अग्रिम आदेश तक निषिद्ध रहेंगे हालांकि केंद्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देश से इतर राज्य सरकारें अपनी मूल्यांकन के अनुसार कोरोना के रोकथाम के लिए अन्य अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकती हैं आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली राज्य और केंद्रशासित क्षेत्र अपनी स्थिति के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर निश्चित गतिविधियों का निषेध कर सकते हैं या उन पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों गंभीर बीमारी से पीडित लोगों गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है हालांकि ये आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य जरूरतों के लिए घर से बाहर आ सकते हैं उधर राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार लॉकडाउन से जुड़े केंद्र सरकार की गाईडलाइन को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये आज सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे उन्होंने कहा कि बैठक में फीडबैक के आधार पर राज्य सरकार इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के गाईडलाइन को राज्य सरकार पूरी तरह लागू करेगी पिछले चौबीस घंटों में दो सौ छह नये मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण की प्रष्टि होने के बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हजार पांच सौ पैंसठ हो गयी है प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बाईस तक पहुंच गयी है जबकि अब तक एक हजार तीन सौ ग्यारह संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमितों में प्रवासियों की संख्या दो हजार चार सौ तैंतीस है पटना जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या दो सौ इकतालीस हो गयी है कल पटना जिले में तीन रोहतास में चार बेगूसराय में उन्नीस मुंगेर में छह खगड़िया में एक भागलपुर में चार जहानाबाद में तेरह बक्सर और बांका में एक एक नालंदा और पूर्वी चंपारण में तीन तीन शेखपुरा और भोजपुर में पंद्रह पंद्रह दरभंगा में सत्रह सिवान में आठ कैमूर और गया में पांच पांच समस्तीपुर में दो वैशाली में एक मधेपुरा में ग्यारह सहरसा में तीन सारण में बारह मुजफ्फरपुर में ग्यारह सीतामढ़ी में एक अररिया और किशनगंज में नौ नौ जमुई में एक और शिवहर जिले में दो मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुयी है देश में कोविड उन्नीस संक्रमण के रोगियों की संख्या एक लाख तिहत्तर हजार सात सौ तरेसठ हो गई है लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़ कर सैंतालीस प्रतिशत से अधिक हो गई है अभी तक बयासी हजार तीन सौ सत्तर रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि लॉकडाउन के विभिन्न चरणों में इस बीमारी से सही होने की दर में निरंतर सुधार हुआ है

रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से श्रमिक रेलगाड़ियों के बारे में समुचित योजना बनाने और समन्वय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां यात्रियों को स्टेशन तक नहीं लाया गया और अधिसूचित रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्य भी भेजने वाले राज्यों को सहमति नहीं दे रहे हैं जिससे उन राज्यों के बड़ी संख्या में फंसे प्रवासी श्रमिकों को नहीं भेजा जा सका है रेलवे ने लगभग चौवन लाख फंसे व्यक्तियों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुँचाने के लिए चार हजार से अधिक श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई हैं राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान के डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने बताया कि सुरक्षित रहने के लिए हर व्यक्ति को लॉकडाउन की अवधि के दौरान घर में रहना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल की जानी चाहिए

अपना हाथ बार बार धोते रहें मास्क का इस्तेमाल करें जिन लोगों को बीमारी है जो लगता है कि आपको कि उनको कोविड हो सकता है उनसे दूर रहें अपनी दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे खाने में जो आप रोज खाते थे वहीं खायें और दिन भर कुछ न कुछ करते रहें मोबाइल रहें चलते फिरते रहे बिल्कुल बेड बाउंड न हो जायें घर में रहें ये दौर भी गुजर जायेगा लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लॉकडाउन में लोगों को विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है

उज्ज्वला योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पेंशन स्कीम सहित विभिन्न योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए यह खाते खुलवाए गये बिहार सर्किल के मुख्य डाकपाल अनिल कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि डाकघरों के विभिन्न खातों के जरिए पच्चीस लाख लाभार्थियों को तीन सौ अंठावन करोड़ रुपये वितरित किए गये नब्बे प्रतिशत खाते महिलाओं ने खुलवाएं बड़ी संख्या में मजदूर भी अपने क्षेत्रों में डाक घरों में खाते खुलवा रहे हैं रोजाना औसतन पचास हजार खाते खोले जा रहे हैं ये खाते इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत खोले जा रहे हैं इस प्रावधान के तहत खाता खुलवाना बैंक में खाता खोलने की तुलना में आसान है डाकघरों में आधार नम्बर और अगूठे का निशान देकर ही खाते तुरंत खोले जाते हैं संचार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का शुभारंभ किया इस मौके पर श्री प्रसाद ने कहा कि भारत को विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में अग्रणी देश बनना चाहिए उन्होंने कहा कि इसमें मानवीय सशक्तीकरण का समावेश होना चाहिए ताकि आर्थिक वृद्धि में समुचित योगदान किया जा सके श्री प्रसाद ने युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम की भी शुरूआत की इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवाओं के लिए मंच उपलब्ध कराना और विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और कौशल से सशक्त करना है विद्यार्थियों को भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार करने के लिए आवश्यक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साधन सुलभ कराना भी कार्यक्रम का उद्देश्य है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सभी केंद्रीय योजनाओं के लिये पूरा खर्च उठाने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को पत्र लिखकर केंद्र प्रायोजित सभी छियासठ योजनाओं के केंद्रांश और राज्यांश सहित पूरी राशि एक साल के लिये केंद्र द्वारा वहन करने की मांग की है प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सृजन घोटाला प्रकरण में सृजन महिला विकास सहयोग समिति से जुड़ी चौदह करोड़ बत्तीस लाख रूपये की संपत्तियों को जब्त कर लिया है इसमें नोएडा गाजियाबाद पुणे रांची भागलपुर और पटना के बीस फ्लैट शामिल हैं इसके साथ ही नोएडा गाजियाबाद और भागलपुर में उन्नीस दुकानों के अलावा तैंतीस भूखंड और बैंक खातों में उपलब्ध चार करोड़ चौरासी लाख रूपये को भी अटैच किया है ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सृजन घोटाले की जांच शुरू की थी ईडी के सूत्रों ने बताया कि सृजन के बैंक खातों में धन को आरटीजीएस कैश और चेक के माध्यम से विभिन्न संस्थानों को ट्रांसफर किया गया था मौसम विभाग ने आज और कल पटना समेत पच्चीस जिलों में आंधी और तेज बारिश की संभावना जतायी है इसको लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है उधर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में आयी तेज आंधी और बारिश के कारण जन जीवन प्रभावित हुआ है चालीस से सत्तर किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आयी आंधी से बिजली के तार और पेड़ गिर गये इस दौरान ठनका गिरने से सात लोगों की मौत हो गयी है आंधी के कारण आम और लीची के फलों को भी काफी नुकसान हुआ है मौसम विभाग के अनुसार लोकल हीट की बजह से थंडर स्टोर्म की स्थिति बनी हुयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने लॉकडाउन के पांचवे चरण की घोषण और उसकी गाईडलाइन को प्रमुख सूर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगया है लॉकडाउन तीस जून तक बढ़ा दैनिक जागरण की सुर्खी है सृजन घोटाले में ईडी ने जब्त की चौदह करोड़ बत्तीस लाख की संपत्ति प्रभात खबर ने मौसम की खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है चालीस से सत्तर किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से राज्य में आयी आंधी हुयी बारिश दैनिक भास्कर की सुर्खी है एक दवा ने कोरोना वायरस के खिलाफ पहली और सबसे बड़ी उम्मीद जगायी कई देशों में ट्रायल जारी दैनिक आज ने लिखा है देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने के दर में हो रहा है उल्लेखनीय सुधार